राष्ट्रीय संविधान दिवस देशभर में मनाया गया सरकारी कार्यालयों में संविधान की उददेशिका का पठन किया गया

बीकानेर और उदयपुर नगर निगमों में भाजपा के मेयर बने हैं जबकि भरतपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद मेयर निर्वाचित हुआ है अब तक मिले परिणामों के अनुसार बांसवाड़ा अलवर भिवाडी बाड़मेर गंगानगर झुंझुन टोंक सीकर हनुमानगढ सिरोही और चूरू नगर परिषदों में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं इसी तरह तीन नगर परिषदों बालोतरा जालौर और पाली में भाजपा पार्षद अध्यक्ष च्ने गए हैं जैसलमेर में निर्दलीय पार्षद ने अध्यक्ष का चुनाव जीता तीन नगरपालिकाओं रूपवास निम्बाहेड़ा और मकराना में निर्विरोध निर्वाचन हुआ था जिनमें से रूपवास में भाजपा अध्यक्ष चुना गया आज घोषित परिणामों में थानागाजी महुवा नीमकानाथा बिसाऊ पिलानी मांगरोल भीनमाल सूरतगढ कैथून सांगोद माउंटआबू शिवगंज और कानोड़ में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं वहीं गढी परतापुर खाट्श्यामजी छबड़ा पुष्कर और ब्यावर में भाजपा पार्षद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं नसीराबाद नगरपालिका में निर्दलीय पार्षद अध्यक्ष चुना गया है नगर निकायों में कल निकाय उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा

श्री पायलट ने एक बयान जारी कर कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की सफलता से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन ने इन चुनावों में जिस रणनीति से काम किया उससे वह जनता का विश्वास जीतने में सफल रही दूसरी ओर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इन नतीजों पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव में जो पार्टी सत्ता में होती है उसका फायदा उसे मिलता रहा है और कई जगह हुए घटनाकमों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया है

आज मुम्बई में तेजी से चले राजनैतिक घटनाकम के बीच दोपहर को पहले उप मुख्यमंत्री श्री पंवार ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया उसके बाद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास बहमत नहीं है और भाजपा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेगी ै श्री फडणवीस ने कहा कि जो सरकार बना रहे हैं उन्हें वे श्मकामनाए देते हैं लेकिन जो सरकार बनेगी वह स्थिर नहीं होगी क्योंकि तीनों पार्टियों में वैचारिक दूरियां हैं इससे पहले आज सुबह उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना तथा अन्य दलों की ओर से दायर याचिका पर आदेश दिया कि भाजपा कल शाम तक सदन में बहमत सिद्ध करें उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर ही इस कार्यवाही को पूरी करवाएं शीर्ष न्यायालय के इस निर्णय के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाकम दिनभर तेजी से बदलता रहा इस बीच आज शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मांग की कि उध्य ठाकरे को सरकार बनाने के लिए तत्काल आमंत्रित किया जाए ताजा घटनाक़म में भाजपा विधायक कालीदास कोलाम्बकर को महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को विशेष महत्व दिया गया है यही हमारे संविधान की खूबी भी है

उन्होंने डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया

इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों में संविधान की उद्देशिका का पठन किया गया कुछ स्थानों पर संविधान में प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों पर संगोष्ठी रखी गई राजभवन में आयोजित हुए समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संविधान ने हमें अधिकार और कर्त्तव्य दोनों दिये है

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी विभिन्न जनप्रतिनिधि और सैन्य तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हजारों की तादाद में लोगों ने शहीद को श्रद्वांजलि दी